वहीं कांग्रेस ने कहा आरोप बेब्नियाद

मुख्यमंत्री रथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के चुरहट में जनआशीर्वाद यात्रा के रथ पर हुए हमले को लेकर आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगार्ते हुए कहा कि कांग्रेस मेरे खून की प्यासी हो गयी है प्रदेश की राजनीति में ऐसा कभी नही हुआ उन्होंने कहा कि पहले विचारों का संघर्ष चलता था अलग अलग पार्टियां अपने कार्यक्रम करती थी श्री चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि आखिर वे पार्टी को किस दिशा में ले जाना चाहते है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला इस लिये किया गया है क्योंकि कांग्रेस मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबरा गयी है उन्होंने अजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला उन्होंने ही कराया है कांग्रेस नही चाहती की चुरहट से यात्रा निकले इसलिये यात्रा को बाधित कराया गया उधर कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप र्बेब्नियाद है मुझे फसाने की साजिस की जा रही है श्री सिंह ने प्रदेश के गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह से इस्तीफा देने की मांग की है उन्होंने कहा कि खूद की गलती छिपाने के लिये गृहमंत्री के आदेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की

इस मौके पर उन्होने जेलों में महिला बंदियों को दैनिक उपयोग में काम आने वाली बिन्दी चूड़ी सिन्दूर हेयरबैंड और पुरूष बंदियों के लिये ट्रथपेस्ट ब्रश सेविंग सामग्री प्रदान करने के विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी श्री चौहान आज यहां केन्द्रीय जेल भोपाल में श्रीक ष्ण जन्माष्टमी उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे केन्द्रीय जेल में मुख्यमंत्री ने श्रीकृ ष्ण जन्मोत्सव की झाँकी का अवलोकन किया भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर भजन गायन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौर और सागर में खुली जेलों का ई लोकार्पण किया सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य जन्मोत्सव में मौजूद थे उज्जवला योजना केन्द्र सरकार की महात्वाकांक्षी उज्जवला योजना से प्रदेश में भी गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का वितरण किया जा रहा है एक मई दो हजार सोलह से शुरू हुई इस योजना से ग्वालियर जिले में गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में भी खूशहाली आई है ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की जीवन में आशा की नई किरण नजर आ रही है

जिसके तहत ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत को नशामुक्त बनाने के प्रयास किये जायेंगे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के सेन्ट्रल जेल में कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुये राजधानी में कई कृष्ण मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है

साथ ही पारम्परिक आभूषण से श्रृंगार किया गया लिक रोड स्थित श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर में रात बारह बजे जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जायेगा मंदिर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है उधर सामाजिक संगठनों द्वारा कई स्थानों पर दही हांडी फोड प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया वहीं ग्वालियर में फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण का श्रृंगार बेशकीमती गहनों से किया गया है करोडो मूल्य की इन आभूषणों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आज मंदिर लाया गया विदिशा में यादव समाज द्वारा एक भव्य चल समारोह निकाला गया समारोह में हरियाणा और ग्वालियर के कलाकारों ने श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित कलाओं के अभिनयपूर्ण प्रस्तुति दी उधर उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ नेशनल पार्क स्थित पहाड़ में वर्ष में एक बार आज के दिन खुलने वाले मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्वालू पहुंचे मंदिरों के साथ साथ घरों में भी खूबसूरत झांकियां सजाई गयी है सतनाशिवपुरीखंडवा सहित अन्य जिलों से भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाये जाने के समाचार मिल रहे है कांग्रें स सोशल मीडिया आगामी विधानसभा चुनाव में सोशल भिडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी कवायद शुरू कर दी है पार्टी की आईटी शाखा के प्रमुख अभय तिवारी ने एक पत्र लिखकर पार्टी के सभी प्रदाधिकारियो और टिकट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति साबित करने को कहा है पत्र में आगे कहा गया है कि फेसबुक पेज पर कम से कम पन्द्रह हजार फलोअर्स और पांच हजार ट्वीटर खाते होना चाहिये साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार के लिये पार्टी के अधिकारिक फेसबुक और ट्वीटर खातों की ट्वीटस और पोस्ट साझा करना भी अनिवार्य है

मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान बीस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है बुंदेलखंड क्षेत्र में बीते दो दिन से जारी बारिश ने टीकमगढ और दतिया जिले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ओरछा में बेतवा नदी उफान पर है जिससे निचले हिस्सो में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गयी पर्यटन नगरी का जिले के साथ ही झांसी से भी संपर्क कुछ समय के लिए दूटा रहा मुरैना जिले में लगातार बारिश के चलते कोतवाल और पिलुआ डेम का जल स्तर बढ़ने से उनका एक एक गेट खोला गया है आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है राजधानी भोपाल में पिछले एक सप्ताह से रिमझिम फुहारों के दौर से कल हल्की राहत मिली हांलांकि दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान टीकमगढ छतरपुर पन्ना सागर दमोह गुना ग्वालियर दतिया अशोकनगर शिवपूरी भिंड मुरैना श्योपूर राजगढ आगर नीमच तथा मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है